केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन कल पटना में किया जाएगा अंतिम संस्कार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

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का परिदृश्य बदल रहा है राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियों और सुधारों से प्रदेश में निवेश को अनुकल माहौल बना है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन महीने में नई वन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं कल जयपूर में वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य जीवों का संरक्षण और वनों का विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को जीवन्त किया जाए श्री गहलोत ने कहा कि वृक्षारोपण के अभियान को अधिक से अधिक जनसहभागिता से ही सफल बनाया जा सकता है बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने की परियोजना का आज लोकार्पण किया जायेगा

वे इस अवसर पर ऑनलाईन पेयजल कनेक्शन के एप को भी लॉन्च करेंगे

खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि शुरूआत में यह अभियान राज्य के अति संवेदनशील जयपुर धौलपुर जोधपुर राजसमंद चित्तोड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में चलाने का निर्णय किया गया है श्री भाया ने बताया कि इस अभियान का संचालन राजस्व वन परिवहन पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया

लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान के दिल का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था वे लोकसभा के लिए आठ बार चुने गए थे और उनका हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई वर्षों तक सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड रहा श्री पांसवान का पटना में कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधो झुके रहेंगे अंत्येष्टि के दिन भी अंतिम संस्कार के स्थान पर ध्वज आधा झुका रहेगा श्री पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राजनेताओं ने दुख प्रकट किया है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री पासवान ने अपने पूरे जीवन काल में देश के वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों और मुददों के प्रति संघर्ष किया

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर में भी सुधार हो रहा है पिछले एक सप्ताह से रोजाना दो हजार से ज्यादा संकमित स्वस्थ हो रहे हैं

प्रदेश के मशहूर गजल गायक हुसैन बंधुओं ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है

मनोरंजन पार्को में सभी प्रकार के झूलों को सेनिटाइज करना होगा और आने जाने का अलग समय रखा जाएगा थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही आने दिया जाएगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवा आने जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तरणतालों के उपयोग की अनुमति नहीं है मनोरंजन पार्क के मालिकों और प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि छुट्टी वाले दिनों पर भी भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि जिन मनोरंजन पार्को में जलकीड़ा की सुविधाए हैं वहां नियमित रूप से पानी की सफाई होनी चाहिए और उसे क्लोरीन युक्त किया जाना चाहिए